सीएम संबल योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि प्रदेश में गरीबों के लिये हर वर्ष दस लाख मकानों को निर्माण किया जायेगा और सरकार उनका मुफ्त इलाज करायेगी भोपाल स्थित करोंद में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सरल बिजली और बकाया बिल माफी योजना का शुभारंभ करते हुये कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत लोगों को दौ सौ रूपये प्रतिमाह की दर से बिजली उपलब्ध कराई जायेगी श्री चौहान ने इस अवसर पर किसानों पर दर्ज बिजली संबंधी प्रकरण वापस लिये जाने की घोषणा भी की इस दौरान श्री चौहान ने हितग्राहियों को योजना के लाभ भी प्रदान किये अधिकारिक जानकारी के अनुसार योजना के तहत अब तक एक करोड़ तिरासी लाख श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है इस योजना में पांच हजार एक सौ उनहत्तर करोड़ रूपये के बकाया बिजली बिल माफ किये जायेंगे योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जल संसाधन मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा दतिया में आज बिजली माफी योजना के समाधान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गृहमंत्री भूपेंन्द्र सिंह ने सागर जिले के मालथोन में आयोजित एक कार्यक्रम पांच सौ लोगों को बिजली बिल माफी के प्रमाण पत्र प्रदान किये जबकि बैतूल जिले के मेहद गांव में आयोजित कार्यक्रम में विधायक हेंमत खांडेलवाल बकाया बिल के माफी प्रमाण पत्र वितरित किये राज्य के इंदौर रतलाम देवास जबलपुर रीवा सतना ग्वालियर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रम में इस योजना की औपचारिक शुरूआत की छू लेंगे आसमां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्यार्थियों से कहा कि वे असफलताओं से निराश न हों और आगे बढ़ने की इच्छा और साहस बनाये रखें श्री चौहान आज भोपाल स्थित सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में मुख्यमंत्री कॅरियर काउंसिल योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम कई बार परिस्थितियों के चलते असफल हो जाते हैं इससे हमें निराश नहीं होना चाहिये और हिम्मत के साथ फिर से सफल होने के लिये कोशिश करना चाहिये श्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों के लिये सरकार अनूठी योजनायें बनाई हैं ताकि पैसे के अभाव के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे यदि वे अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो उनके काम में किसी तरह की बाधा न आये मुख्यमंत्री ने स्कूल में स्मार्ट क्लास के लिये दो सौ विद्यार्थियों की क्षमता वाले भवन का निर्माण कराये जाने की घोषणा भी की स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार ने अनेक योजनायें तैयार की हैं विद्यार्थियों को इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिये चुनाव विमर्श मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में सभी की समग्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विकलांगों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है उन्होंने आज दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श में कहा कि विकलांग लोगों के लिये मतदान सुगम बनाने मतदान केन्द्र तक जरूरी सुविधायें उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जा रही है श्री रावत ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में समग्र भागीदारी पर आज के परामर्श के आधार पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसमें सुझावों पर खास ध्यान दिया जायेगा इस अवसर पर उन्होंने मोबाइल ऐप सी विजिल की शुरूआत भी की

यह घटनायें अंदर तक झकझोर देती हैं ऐसा अपराध करने वालों को फांसी की सजा देनी चाहिये इंदौर मंदसौर और सतना में हुई घटनाओं को लेकर भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि अकसर देखा गया है कि निचली अदालत में दरिंदों को फांसी की सजा हो जाती है फिर ऊपरी अदालतों में प्रकरण जाता है तो प्रक्रिया लंबी हो जाती है इसलिये उन्होंने ऐसे मामलों की फास्ट ट्रेक अदालत में सुनवाई के लिये प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा है श्री चौहान ने बताया है कि वे मासूम बेटियों से ज्यादती करने वाले दरिंदों को फांसी की सजा के लिये अभियान चलायेंगे सम्मान समारोह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार ने गरीबो प्रतिभावान विद्यार्थियों और युवाओं के लिये कई योजनायें शुरू की गई हैं इनका लाभ पात्र हितग्रहियों तक पहुंचे इसकी जिम्मेदारी समाज को भी उठाना चाहिये श्री चौहान ने कल मुख्यमंत्री निवास में अखिल भारतीय किरार समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि महिलाओं बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिये सक्रिय प्रयास किये जाना चाहिये उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजानाओं की चर्चा करते हुये कहा कि समाज के लोग टॉस्क फोर्स बनाकर योजना के पात्रों को चिन्हित करें और उन्हें लाभ दिलाने के लिये आगे आयें महिला पटवारी राज्य शासन द्वारा महिला पटवारियों के अंतर जिला संविलियन का निर्णय लिया गया है इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर दिये गये हैं राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने महिला पटवारियों से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए हैं महिला पटवारी दस जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं

आवेदन पत्रों का सत्यापन और अग्रेषण कलेक्टर द्वारा ग्यारह से पंद्रह जुलाई तक किया जायेगा महिला पटवारी जो विवाह के पहले से नियुक्त हैं वे विवाह के बाद निवास स्थान के जिले में अंतर जिला संविलियन के लिये पात्र होंगी राजस्व दिवस राजस्व विभाग ने योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के लिये प्रत्येक महीने का पहला दिन राजस्व दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं कि राजस्व दिवस के दौरान वे किसानों की समस्याओं और लम्बित मामलों का निराकरण करें जो समस्याएँ निराक त नहीं हो सकतीं उनके संबंध में आवेदकों को सूचित किया जाना चाहिय

मौसम प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के बावजूद गर्मी और उमस से लोग से परेशान है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर चंबल शहडोल और रीवा संभागों में और राज्य के टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना रतलाम धार झाबुआ बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा और मण्डला जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है

जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल है

इन्हें पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में रखा गया है

वे यहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे